तबादला सूची जारी कर दी गई है इसके तहत जयपुर के संभागीय आयुक्त राजेश्वर सिंह को ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख शासन सचिव राजस्थान रोड़वेज के प्रबंध निदेशक कुलदीप रांका को पर्यटन कला और संस्कृति विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग का प्रमुख शासन सचिव और पदस्थापन आदेशों की प्रतिक्षा में चल रहे नीरज के पवन को प्रशासनिक सुधार विभाग में विशिष्ठ शासन सचिव और अतिरिक्त निदेशक निरीक्षण के पद पर लगाया गया है विभिन्न जिला कलेक्टरों के भी तबादले किये गये है

वे डीडवाना में पेयजल वितरण योजना का शुभारंभ करेगी

समारोह की अध्यक्षता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सुरेन्द्र कुमार गोयल करेंगे

इस योजना के तहत इस महीने के पहले सप्ताह में बोलियां आमंत्रित की जाएंगी योजना का उद्देश्य ऐसे संयंत्रों को सक्रिय बनाना है जो बिजली खरीद के वैध समझौतों के अभाव में बिजली नहीं बेच पा रहे हैं

इसके तहत देश के लाखों युवाओं को स्वच्छ भारत मिशन को सच्चा जन आंदोलन बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में युवाओं का आहवान किया था कि स्वच्छ भारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ लें और स्वच्छता आंदोलन को आगे बढाएं

इसके तहत ग्राम पंचायतों में लोक अदालतें लगाकर शिविरों में राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया जा रहा है

सुबह से ही तेज गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है

इस बीच कल कुछ स्थानों पर हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम में उमस भी रही